भोरंज में खोले जाएंगे सिंचाई व जनस्वास्थ्य और लोक निर्माण विभागों के मंडल

इनमें सीमेंट वाहनों के कल पुर्जे एयरकंडीशनर और डिशवाशर जैसी विलासिता की वस्तुएं शामिल हैं

नई जीएसटी दरें पहली जनवरी से लागू होंगी

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली का आभार जताया है

इस मौके पर कन्जयान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भोरंज में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंडल खोलने की घोषणा की

विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि शिक्षक समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और उनका दायित्व बनता है कि वे विद्यार्थियों को पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करें तभी समाज के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन संभव होगा बिंदल आज नाहन में सिरमौर ज़िला के स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गो का दायित्व है कि वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं उन्होंने शिक्षकों का आहवान किया कि वे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें नशे से दूर रखने के लिए भी जागरूक करें विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्वता से कार्य कर रही है इसके लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो स्वास्थ्य मंत्री आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के घडंहू में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर लोगों की समस्याओं का सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाने को भी कहा सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि जीवन में कड़ी मेहनत से ही ऊंचा मुकाम हासिल होता है इसलिए हमें लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए सरवीण चौधरी आज राजकीय कन्य उच्च पाठशाला नेरटी के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके उन्होंने इस मौके पर बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडलों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया

आयोग ने ग्राम व नगर नियोजन विभाग में सहायक टाऊन प्लानर के एक पद और सुचना व जनसंपर्क विभाग में उप संपादक के एक पद के लिए हुए साक्षात्कार का भी अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है इन सभी पदों पर ये भर्तियां अनुबंध आधार पर होंगी

परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए कहा कि चालक व परिचालक परिवहन निगम की रीढ़ हैं परिवहन मंत्री ने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान करना तथा उन्हें देय वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए सरकार कृत संकल्प है उन्होंने ये भी कहा कि कार्यशाला स्टाफ के नियमितीकरण और पदोन्नति की प्रकिया जारी है जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा उन्होंने निमम कर्मचारियों से ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने का आग्रह किया हैलीकॉप्टर सेवा प्रदेश सरकार ने जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के लिए आज से हैलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है पहले दिन आज भुंतर उदयपुर भुंतर के बीच उड़ान हुई

ये उड़ाने भुंतर तांदी भुंतर की बीच भरी जाएंगी और मौसम पर निर्भर करेंगी इस बीच लाहौल स्पिति ज़िला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मेघचंद ने घाटी के लिए उड़ानें आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का आभार जताया है स्थानीय निवासियों ने भी हैलीकॉप्टर उड़ानें शुरू होने से राहत की सांस ली है इस बीच लाहौल स्पिति मे पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि लाहौल के लोगों का रोहतां सुरंग से घाटी के आर पार आने जाने की इजाज़त दी जाए उन्होंने घाटी में दूरसंचार सेवाओं को भी तुरंत ठीक करने की मांग की है रैली प्रदेश सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर धर्मशाला में आयोजित होने वाली जन आभार रैली की तैयारियां जोरों पर है मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल ने रैली की तैयारियों को लेकर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ज़िला उपायुक्तों से चर्चा की और रैली में आने वाले लाभार्थियों के लिए यातायात व्यवस्था की जानकारी दी उन्होंने रैली के दौरान बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए तैयार मोबाईल ऐप का शुभारंभ भी किया इस दौरान कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि रैली के दौरान सुचारू व्यवस्था के लिए नोडल और संपर्क अधिकारी लगाए गए हैं जो विभिन्न सेवाओं को देखेंगे उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से रैली के सफल आयोजन को लेकर की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी भी दी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की बड़ा भुईन और मणिकर्ण पंचायतों में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को रसोई गैस कनैक्शन बांटे उन्होंने मणिकर्ण में पशु चिकित्सालय भवन का शिलान्यास भी किया भुईन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर घर तक पहंच रही है पन्ना प्रमुख शिमला संसदीय क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कल सोलन में आयोजित किया जाएगा सम्मेलन को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा संबोधित करेंगे भाजपा का ये दूसरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है इस सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र के हज़ारों पन्ना प्रमुख हिस्सा लेंगे पार्टी ने अपना पहला पन्ना प्रमुख सम्मेलन मंडी में आयोजित किया था जिसे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था किसान सभा हिमाचल किसान सभा ने आरोप लगाया है कि सरकारी दावों के बावजूद किसानों का शोषण नहीं रूका है और बिचौलिए उनकी कमाई खा रहे हैं

बोर्ड के प्रवक्ता ने आज धर्मशाला में बताया कि जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम मूल प्रमाण पत्र जमा न करवाने के कारण घोषित नहीं हो पाया है वे सभी बोर्ड कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा करवाकर प्नर्मूल्यांकन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं